प्रदेश में टिड्डी दल के प्रवेश की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में किसानों को सतर्कता बरतने की अपील की गई मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया

सभी दुकानें और संस्थान जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं वे सप्ताह के छह दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खूली रहेगी वहीं अंतर्राज्यीय व्यावसायिक बसों और अंतर्राज्यीय व्यावसायिक टैक्सियों का परिचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा राज्य सरकार ने तय किया है कि रेड और ऑरेंज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य विमाग द्वारा किया जाएगा लेकिन कंटेनमेंट जोन की सीमा का निर्धारण जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा राज्य सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के संचालन क्वारेंटीन सेंटर्स की व्यवस्थाओं रेड और ऑरेंज जोन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं राज्य सरकार ने कहा है कि स्थानीय सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि क्वारेंटाइन सेंटर से घर जाने वाले लोग अगले सात से दस दिन तक अपने घरों में ही रहें वहीं क्वारेंटाइन सेंटर में रूके मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके कौशल की जानकारी एकत्र की जाएगी मजदूरों के बच्चों का पंजीयन स्कूली पढ़ाई के लिए किया जाएगा साथ ही श्रमिकों का मनरेगा राशन और श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे वहीं औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों को आवेदन देने पर अनिवार्य क्वारेंटीन से छूट दी जा सकती है कम समय के लिए आने वाले यात्रियों के लिए जिनके पास वापस जाने का कंफर्म टिकट है उन्हें भी जाने की अनुमति दी जा सकती है प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले श्रमिकों को क्वारेंटीन में नही रखा जाए पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ से दसरे राज्यों में जा चके श्रमिकों को यह छट नही मिलेगी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे यह भी प्रस्तावित किया गया है कि स्कूलों को एक जुलाई से प्रारंभ किया जाए इसलिए स्कूल खूलने को पहले स्कूलों में चल रही क्वारेंटाइन सेंटर की सुविधा को वहां से हटाकर स्कूल भवन को सैनिटाईज किया जाएगा कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के आज उनतीस नए मामले सामने आए हैं फिलहाल तीन सौ पंद्रह कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है

इससे पहले कल चार मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गई इनमें बलौदाबाजार और बालोद जिले के दो दो मरीज शामिल हैं इस बीच बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड स्थित टटेंगा गांव के क्वॉरेंटाइन सेंटर में चार माह के एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है बच्चे की मृत्यू को लेकर उसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है यह बच्चा और उसके परिजन महाराष्ट के चंद्रपुर से अपने गांव पहुंचे थे यह परिवार क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था इस बच्चे का सैंपल पहले ही जांच के लिए अस्पताल मेजा जा चुका है अब रिपोर्ट आने के बाद ही इस बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है आज गरियाबंद जिले के क्वारेंटाइन सेंटर में भी एक गर्भवती महिला की मौत होने का समाचार मिला है कोरोना स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माता और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण क्षेत्र में आवश्यक वस्तओं की होम डिलिवरी की व्यवस्था करें मंत्रालय ने कहा है कि जच्चा बच्चा स्वास्थ्य बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी पौष्टिक आहार की आपूर्ति को भी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य अभियान के तहत दी जाने वाली विटामिन ए खराक डायरिया नियंत्रण पखवाडा राष्ट्रीय कमि उन्मूलन दिवस एनीमिया के बारे में परामर्श जैसे अभियान स्थानीय स्थिति का ध्यान रखते हुए संचालित किए जाने चाहिए इन अभियानों के लिए दवाओं के वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए

इस संबंध में आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा है कि इन ट्रेनों के छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्टेशनों में ठहराव के दौरान बिस्किट और पानी पाउच मुहैया कराने से मजदूरों को काफी राहत मिलेगी इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं

इस भेंटवार्ता में केंद्रीय राज्यमंत्री कोरोन संकट के इस दौर में लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गरीबों किसानों आदिवासियों सहित विभिन्न वर्गों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देंगी इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग जनता के संग में किया जाएगा यह कार्यक्रम कल उनतीस मई शुक्रवार को प्रातः साढ़े दस बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे नेता प्रतिपक्ष बयान इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि मनरेगा के तहत काम बंद होने से श्रमिक विंतित है श्री कौशिक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए श्री कौशिक ने यह भी कहा है कि मनरेगा के तहत अब तक हुए कार्यों के संबंध में मजदूरी का भूगतान भी श्रमिकों को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए किसान संघर्ष समन्वय समिति प्रदर्शन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले आज दूसरे दिन भी किसानों और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया समिति के राज्य अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि केन्द्र सरकार से गरीबों को कर्ज नहीं बल्कि अनाज और नगद राशि से उनकी मदद करने की मांग की गई साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारेंटाइन सेंटरों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग भी की गई सीबीएसई परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक जुलाई से शुरू होने वाली दसवीं और बारहवीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है श्री पोखरियाल ने कहा कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने को लिए अपने जिले के पसंद के स्कूलों के बारे में सूचित करना होगा इसके बाद स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित कर सीबीएसई द्वारा छात्रों को नए परीक्षा केंद्रों की जानकारी दी जाएगी

चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हई है जैसी कि खबर दी जा चुकी है बीते नौ मई को श्री जोगी को दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद से वे कोमा में हैं रायपुर स्थित अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सक उनके मस्तिष्क को सक्रिय करने के प्रयास में जुटे हुए हैं रेलवे स्टेशन प्रवेश रेलवे ने सभी स्टेशनों में केवल कंफर्म टिकट के साथ ही यात्रियों को प्रवेश दिए जाने का आदेश जारी किया है आगामी एक जून से दो सौ स्पेशल यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होगा इसे देखते हुए रेलवे ने यात्रा करने को नए नियम बनाए हैं जिसके अनुसार केवल कन्फर्म टिकट रखने वाले यात्री को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश मिलेगा साथ ही सभी यात्रियों के लिए स्टेशन में प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर मास्क पहनना अनिवार्य होगा यात्रियों को स्टेशन पर कम से कम नब्बे मिनट पहले आना होगा ताकि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके जांच के बाद स्वस्थ यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में बैठने के दौरान अनिवार्य रूप से शारीरिक दूरी का पालन करना होगा अपने गंतव्य पर पहुंचकर यात्रियों को राज्य और केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा टिडडी दल सतर्कता राजस्थान और मध्यप्रदेश होते हुए टिड्डी दल के अब छत्तीसगढ़ पहुंचने की आशंका जताई जा रही है टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान के मद्देनजर राजनांदगांव कबीरधाम बलरामपुर रामानुजगंज और बालोद जिले सहित सभी सीमावर्ती जिलों में विशेष एहतियात बरता जा रहा है

मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने टि्डडी दल के संभावित प्रकोप से फसलों के बचाव के लिए कृषि वन विभाग सहित राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को समय रहते आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमावर्ती जिलों में टिड़डी दल के आगमन के साथ ही उनके उड़ान भरने की दिशा की लगातार निगरानी की जाए साथ ही उन्होंने इसके लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं यदि किसानों को कहीं टिड्डी दल दिखते हैं तो वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन एक आठ पांच शून्य पर तत्काल सूचना दें दुर्घटना बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आज तीन बच्चियों की कुएं में डूबने से मौत हो गई यह घटना रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलाज गांव की है ये बच्चियां कए पर नहाने गए थीं तभी एक बच्ची का पैर फिसला और वह कूए में गिर गई उसको बचाने के लिए एक के बाद एक पांच बच्चों ने कूए में छलांग लगा दी बाद में एक व्यस्क पड़ेासी ने भी इन बच्च्यों को बचाने के लिए कए में छलांग लगाई जब तक यह व्यक्ति इन बच्चियों को बचा पाता तब तक तीन बच्चियों की मौत हो गई महासमुद जिले में दो अलग अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से दो सगे भाई सहित तीन बालकों की मौत होने का समाचार मिला है पहली घटना कोमाखान क्षेत्र के बाघामुड़ा गांव की है जहां दो भाई खेलने को दौरान तालाब में डूब गए दोनों बच्चों की उम्र पांच से सात साल के बीच की है इसी तरह सरायपाली क्षेत्र के भोथलडीह गांव में भी तालाब में नहाने गए बारह साल के एक बालक की डबने से मृत्य हो गई वहीं राजनांदगांव जिले के कोहका ओव्हरब्रिज के पास आज दोपहर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई इसी जिले के छुईखदान स्थित भुलाटोला गांव के पास छड़ से मेरी ट्रैक्टर ट्राली के पलट जाने से छह लोग घायल हो गए मौसम इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है बीते चौबीस घंटों के दौरान छियालीस डिग्री सेल्सियस के साथ दुर्ग शहर राज्य में सबसे अधिक गर्म रहा वहीं रायपुर में चवालीस डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी आरके वैश्य ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक द्रोणिकॉ पंजाब से उत्तर छत्तीसगढ़ तक स्थित है वहीं दूसरी द्रोणिकॉ विदर्भ से तमिलनाडु तक बनी हुई है इसके प्रभाव से आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है

संक्षिप्त समाचार प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के चौदह अधिकारियों का तबादला किया है इस आदेश में डिप्टी कलेक्टरों को जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और मुंबई स्थित अमेरिकन वाणिज्य दूतावास में कोंसुलेट डेविड जे रेंज को बीच कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विस्तार से चर्चा हुई छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की कोरिया इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों का वेतन वृद्धि रोके जाने के फैसले के विरोध किया है इसी तरह धमतरी जिले के कर्मचारियों ने भी आज कलेक्टोरेट पहुंचकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया कांकेर जिले के दुधावा में होम आइसोलेशन मे रह रहे एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली भिलाई के सेंट्रल एवन्यू मार्ग में बीती रात स्पोर्टर्स बाईक से स्टंट करने और तेज रफ्तार वाहन चलाने के मामले में पुलिस ने दस वाहन जब्त किए हैं यातायात विभाग ने इस बाइकर्स ग्रूप पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं राजनांदगांव जिले की लालबाग प्रलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है